और झारखंड सरकार उन्नीस खिलाड़ियों को देगी सीधी निय्क्ति खेल विभाग ने खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समुद्ध विरासत है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान दे रही है जिससे टॉप क्वालिटी का पूल देश में तैयार हो सके ये एप्रोच हमारे नए और उभरते वैज्ञानिकों को भी मदद करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि र्व आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आयें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनतीस दिसम्बर को अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर कई योजनाओं की शुरूआत करेंगे मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिले के पतना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए साल में सरकार की गर्तिविधियों में तेजी आएगी उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं और इसमें किसी तरह की कोताही ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं

कोरोना महामारी की वजह से व्यवस्थाएं ठप हो गई और विकास की गति रुक गई झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा लेकिन वैश्विक महामारी के इस दौर में भी सरकार ने लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के साथ उनके रोजगार की दिशा में लगातार काम करती रही श्री सोरेन ने कहा कि जीवन को सामान्य बनाने के साथ विकास को तेज करने की दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं

विभागीय सुत्रों के अनुसार श्री सेन की गिरफ्तारी बंगाल के खड़गपुर इलाके से की गई है इसके पहले विभाग ने संजय कुमार डालमिया को भी बंगाल से गिरफ्तार किया था संदीप सेन से पूछताछ में पूलिस को घोटाले से संबंधित कई जानकारी मिलेगी

लोन के बाद किसी भी व्यक्ति ने ऋण की राशि को जमा नहीं किया था और गलत तरीके से उनके खातों को बंद करवा दिया गया इस मामले में सरायकेला शाखा के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार प्रजापति सहायक मदन लाल प्रजापति तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के एजीएम शंकर बंदोपध्याय चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन प्रबंधक मनोजनाथ शाहदेव तत्कालीन एजीएम संदीप सेन ब्रजेश्वर नाथ और सरायकेला के संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानब्बे दशमलव छह दो प्रतिशत हो गयी है वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक सौ तिहत्तर नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख दस हजार पांच सौ बारह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है जबकि एक हजार छह सौ पचहत्तर सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है

पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है गढ़वा जिले के उग्रवाद प्रभावित गांवों के विकास के प्रति प्रशासन गंभीर है पिछले दिन विशेष केंद्रीय सहायता योजना की समीक्षा बैठक में यह प्रतिबद्धता द्हरायी गयी इसमें उग्रवाद प्रभावित भंडरिया बड़गड़ रंका सहित सभी प्रभवित प्रखंडों के लिये विभिन्न विकास योजनाओं का अनुमोदन किया गया

उन्होंने कहा है कि झारखंड में तबादला उद्योग चल रहा है एक महीने के अंदर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक का तबादला कर दिया जाता है श्री मरांडी ने कहा कि राज्य का खजाना खाली होने का बहाना बनाकर हेमंत सोरेन खुद का खजाना भरने में लगे हैं उन्होंने कहा कि शिब सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासियो को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासियों की भलाई भाजपा से ही संभव है भाजपा ने यहां के आदिवासियों की भलाई के लिए झारखंड राज्य का गठन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध बालू के तस्करी को रोकने के नाम पर वसूली की जा रही है

एक से दो दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी

राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज डाल्टनगंज सबसे ठंडा रहा

इसके अलावा गढ़वा पलाम चतरा कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह धनबाद में भी न्यूनतम तापमान औसतन छह से सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बर्फीली हवा का प्रकोप रांची सहित पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा लेकिन रांची के न्यूनतम तापमान में कल से बदलाव आ सकता है

अगले कुछ दिनों तक रांची में आसमान साफ रहेगा